राज्य सरकार ने इस बीमारी के संदिग्ध मरीजों को चौदह दिनों तक डॉक्टरों की गहन निगरानी में रखने का दिया निर्देश

इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आज से कड़ी निगरानी में हो रही है शुरू

केरल राज्य के दो लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पूष्टि के बाद देश में सतर्कता बढ़ा दी गयी है इधर केन्द्र के परामर्श पर राज्य सरकार ने इस बीमारी के संदिग्ध मरीजों को चौदह दिनों तक डॉक्टरों की गहन निगरानी में रखने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्रचार्य और अधीक्षकों को कहा है कि कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की निगरानी संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें इस बीच केन्द्र सरकार ने चीन से ई वीजा के जरिये भारत आने वालों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है साथ ही सरकार ने नागरिकों को चीन नहीं जाने की सलाह दी है इधर प्रदेश में चीन और नेपाल से आने वाले पर्यटकों तथा लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों सुपौल सीतामढ़ी किशनगंज अररिया मधुबनी पूर्वी और पश्चिम चम्पारण में जिला प्रशासन को विशेष चौकसी बरतने को कहा है केन्द्रीय बजट दो हजार बीस इक्कीस में बिहार की नई रेल लाईन परियोजनाओं के लिए बारह सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है इस राशि से बिहटा औरंगाबाद और नेऊरा दनियावां रेल लाईन के निर्माण के साथ ही राज्य की अन्य रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने आयी केन्द्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है रिपोर्ट मिलने के बाद अब बिहार को क्षतिपूर्ति की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है राज्य सरकार ने पिछले वर्ष प्रदेश में दो बार आयी बाढ़ से हुये नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से चार हजार चार सौ करोड़ रूपये की मांग की है यह पैसा राहत अनुदान मद में केन्द्र से मांगा गया है बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है दो पालियों में आयोजित होने वाली ये परीक्षा तेरह फरवरी तक चलेगी इस बार इंटर परीक्षा में प्रदेश के बारह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षा के लिए राज्य भर में एक हजार दो सौ तिरासी परीक्षा केन्द्र बनाए गये हैं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से विशेष इंतजाम किये गये हैं सभी परीक्षा केन्द्रों पर त्रिस्तरीय मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गयी है साथ ही परीक्षा केन्द्रों के आस पास धारा एक सौ चौवालीस लागू कर दी गयी है परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से दस मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आना मना है प्रवेश पत्र और कलम को छोड़कर परीक्षा हॉल में कुछ भी ले जाने पर प्रतिबंध है प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चक्र आज से शुरू हो रहा है यह अभियान तेरह फरवरी तक चलेगा केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थिरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है बक्सर और बांका को छोड़कर राज्य के छत्तीस जिलों के चिन्हित दो सौ छब्बीस प्रखंडों में यह अभियान चलेगा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के आठ अनुमंडल पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है इसमें पटना जिले के दो और पूर्वी चम्पारण के छह एसडीओ शामिल है इन सभी पर विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने का आरोप है रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा ने राज्य के दो बिल्डरों पर निर्देश का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई की है प्राधिकरण ने पाटलिपुत्रा बिल्डर्स लिमिटेड कम्पनी और उसके तीन निदेशकों निरंजन कुमार अनिल कुमार और लालपरी चौधरी के सभी बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगा दी है वहीं अग्रणी होम्स ग्रूप के प्रबंध निदेशक और निदेशक को हाजिर होकर दो दो करोड़ रूपये के चेक के रूप में चार करोड़ रूपये जमा करने का आदेश दिया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को दो सौ मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने के लिए पचास से पचहत्तर प्रतिशत तक का अनुदान देगी गोदाम बनाने के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को पांच लाख और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के किसानों को छह लाख रूपये तक का अनुदान मिलेगा डाक विभाग बिहार सर्किल के अन्तर्गत फरवरी के अंत तक बारह नोडल डिलेवरी सेंटर और पार्सल हब शुरू किये जायेंगे इससे डाक और पार्सल पैकेटों को बहुत कम समय में ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकेगा विभाग इसके लिए कर्मचारियों को मोटरसाईकल उपलब्ध करायेगा साथ ही पिकअप वैन की भी खरीदारी होगी बिहार सर्किल के निदेशक शंकर प्रसाद ने यह जानकारी देते हुये बताया कि पटना गया मुजफ्फरपुर समेत बारह जिलों के प्रधान डाकघरों में नोडल डिलेवरी सेंटर खोले जायेंगे तेलंगाना के सिकन्दराबाद में सम्पन्न राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी फ्टबॉल चैंपियनशिप के बालक और बालिका वर्ग का खिताब बिहार ने जीत लिया है बालिका वर्ग के फाईनल में बिहार ने गत चैंपियन महाराष्ट्र को पराजित कर पहली बार गोल्ड मेडल जीता इधर बालक वर्ग में भी बिहार ने खिताब बरकरार रखा है बालक वर्ग के फाईनल में बिहार ने ओडिशा को एक तरफा मुकाबले में शून्य के कुकाबले पच्चीस गोल से पराजित कर दिया उत्तर प्रदेश के मऊ में खेली जा रही आठवीं जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्ट बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार ने राजस्थान को नौ विकेट से हरा दिया राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि हुयी है इससे लोगों को दिन में ठंड से थोड़ी राहत मिली है हालांकि पछुआ हवा के कारण सुबह और शाम में ठंड का अहसास हो रहा है राज्य के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान लगातार दस डिग्री सेल्सियस के आस पास बना हुआ है वहीं आर्द्रता खत्म होने से कोहरे का प्रकोप समाप्त हो गया है मौसम विभाग ने अगले छत्तीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि रात में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा वहीं अगले दो दिनों में दिन का तापमान दो से तीन डिग्री बढ़ने की सम्भावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार कल राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की सम्भावना है दैनिक मजदूरों की सेवा पर रोक लगाने के सरकार के फैसले के विरोध में पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं वहीं मेयर सीता साहू ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है हाई वे पर लूटपाट करने वाले अंतर जिला गिरोह के नौ अपराधियों को पटना पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है उधर पुलिस ने पूर्णियां जिले में कसबा थाना क्षेत्र के नौलखा मंदिर के पास से अपराध की योजना बना रहे चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया पूर्णिया जिले में रुपौली थाना क्षेत्र के बसंतपुर पंचायत के गद्दीघाट नया टोला में सरस्वती पूजा पंडाल में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के घुस जाने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि आठ अन्य बच्चे घायल हो गए दरभंगा जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कर्त्तव्यहीनता के आरोप में केवटी के थानाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी को निलंबित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी समाचार पत्रों ने आज से शुरू होने वाली बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी स्थान दिया है दैनिक जागरण ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है आम कर दाताओं का उत्पीड़न रोकेगी सरकार दैनिक भास्कर का शीर्षक है केन्द्र ने कहा जिन दरिंदों के कानूनी विकल्प खत्म उन्हें फांसी दी जाये हिन्द्रस्तान ने लिखा है कड़ी निगरानी में इंटर परीक्षा आज से प्रभात खबर की सुर्खी है टी ट्वेंटी सीरिज पांच शून्य से क्लीनस्वीप करने वाला भारत पहला देश बना

राज्य सरकार ने इस बीमारी के संदिग्ध मरीजों को चौदह दिनों तक डॉक्टरों की गहन निगरानी में रखने का दिया निर्देश

इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आज से कड़ी निगरानी में हो रही है शुरू